कक्षा दसवीं में अनामिका और हर्षवर्द्वन ने टाप किया है वहीं बारहवी कक्षा की गणित और विज्ञान में ललित पचौरी कला संकाय में शिवानी पवार और वाणिज्य में आयुषी ने टॉप किया इस बार बेस्ट ऑफ फाइव का फार्मूला अपनाया गया ऐसे परीक्षार्थी जो एक विषय में सफल नहीं हो पाए उनके मामलों में छह में से पांच विषय के अंक जोड़कर परिणाम घोषित किए गए

इसी तरह बारहवीं में सात लाख परीक्षार्थियों ने शिरकत की

दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में सबसे बेहतर नतीजे नीमच जिले से आए जबकि दसरे स्थान पर दसवीं में देवास जिला और बारहवीं में दमोह जिला रहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए असफल रहे विद्यार्थियों से अपील की है कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है बल्कि वे और ज्यादा तैयारी कर आगे बढ़े कार्यशाला कृषि को पोषण से जोड़ने और पोषण साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोपाल में आज से तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है कार्यशाला जो खायें वो उगायें के सिद्धांत पर आयोजित है अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में तीन दिनों तक देश और विदेशों से आये विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि विचार मंथन करेंगे कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर केन्द्रित प्रदर्शनी और स्टॉल भी लगाये जायेंगे पोषण को सुरक्षित रखते हए भोजन बनाने के मसालों और जड़ी बुटियों को खान पान में शामिल करते हुए जीवन शैली विकसित करने की सहज स्वीकार्य पद्धतियों का प्रदर्शन भी कार्यशाला में होगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बैरागी ने संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाली उनका अंतिम संस्कार आज मनासा में किया गया द्वषित जल रतलाम जिले के सेल जदेवदा गांव में कथित तौर पर प्रदूषित पानी पीने के कारण तीन महिलाओं की मौत हो गयी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि रावटी कस्बे के पास स्थित सेल जदेवदा गांव में एक ही परिवार के लोगों ने घर में रखे मटके का पानी पिया था इसके बाद उन्हें उल्टी की शिकायत होने पर अस्पताल लाया गया परिजन एक बोतल में उस मटके का पानी भी लाए हैं जिसका सेवन उन्होंने किया था यह पानी गांव के एक हैंडपंप का है और इस संबंध में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर जांच शुरू की जाएगी भाजपा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा चलो पंचायत की ओर अभियान की थीम पर केन्द्रित आज प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में केन्द्र और प्रदेश की बीस जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जिले की मुरार तहसील के बरेठा में चलो पंचायत अभियान में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे इस कार्यकम के अंतर्गत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रायसेन जिले की भोजप्र विधानसभा में विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे गर्मी प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है

शिवपुरी जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अचानक हई बारिश से गर्मी से हल्की राहत मिली है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल देर रात जिले में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ लगभग आधे घंटे बारिश हुई

मतदाता सूची का सत्यापन पंद्रह मई से बीस मई तक बीएलओ घर घर जाकर करेंगे